राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषियों के लिए दया याचिका का प्रावधान नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित कारागार मुख्यालय में आर्टिफीशियल इन्टेलीजेंस से संचालित वीडियो वॉल का किया लोकार्पण उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की बीती रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु जीएसटी रिटर्न के नए प्रारूप पर व्यापारियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए आज मनाया जा रहा है फीडबैक दिवस

कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया समूह के सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र संकट से उबर गया है आज मुझे खुशी से कहना है कि हमने बैंकों के मर्जर का साहस किया बैंकों का मर्जर किया इतना ही नहीं बैंकों को ताकतवर बनाने के लिए रिकैपिटलाइजेशन के लिए ढाई लाख करोड़ रूपए की राशि भी दी है इंसोलवेंसी एण्ड बैंक क्रम्सी कोड़ आई बी सी ने करीब करीब तीन लाख करोड़ रूपए की वापसी सुनिश्चित की इसी तरह के बहुत से रिफॉर्मस के बाद बहुत से बड़े फैसलों के बाद आज देश का बैंकिंग सेक्टर पहले से काफी मजबूत स्थिति में है प्रधानमंत्री ने सुशासन और देश की एक सौ तीस करोड़ आबादी के बेहतर भविष्य के लिए सही इरादा बेहतर टेक्नॉलॉजी और कारगर क्रियान्वयन पर बल दिया उन्होंने आम आदमी के कल्याण जीवन सुगमता और बेहतर प्रशासन के लिए एनडीए सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार एक सौ बारह आकांक्षी जिलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने हेतु लिए गये फैसले पर उन्होंने कहा कि इससे लगभग चालीस लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा श्री मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिकता अपने गृह देशों में उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के कानून पॉक्सो के तहत दोषी ठहराए गए अपराधियों के लिए दया याचिका का कोई प्राव्यान नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा कि संसद को इस मुरे पर विचार करना चाहिए राष्ट्रपति ने कल राजस्थान के माउंट आव् स्थित ब्रह्माकुमारी मुख्यालय में सामाजिक कायाकल्प के लिए महिला सशक्तीकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर यह बात कही लड़कों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर माता पिता की है हर नागरिक की है मेरी है आपकी भी और इसी संदर्भ में इस प्रकार के जो कविक्स होते हैं उनको एक सविधान में मर्ती पटिशन का अधिकार दिया गया है और मैने कहा है कि इस पर आप पुनरू विचार करिए ये मर्सी पटिशन के अधिकार को यदि ऐसे केसीज में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पटिशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के माध्यम से ही सामाजिक कायाकल्प संभव हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल रात पुणे पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मृख्यमंत्री उद्वव ठाकरे और पूर्व मृख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हवाई अड़डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गृह मंत्री अमित शाह ने तीन दिन के सम्मेलन में कल शाम सत्र में हिस्सा लिया राज्य पुलिस केन्द्रीय सशस्त्र बल केंद्रीय जांच और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं यह सम्मेलन पूर्ण के बनेर में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा पाषाण इलाके में पुलिस अनुसंधान केंद्र में हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय इस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक स्कूलों को मिलकर कार्य करने का सुझाव दिया है श्री मोदी कल वीडियो संदेश के जरिये गुजरात के एकल विद्यालय संगठन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के लिए उत्साहपूर्वक काम कर रही है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल वह याचिका खारिज कर दी जिसमें वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनाव को चुनौती दी गई थी न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने सीआरपीएफ के बर्खास्त कॉन्सटेबल तेज बहादुर यादव की उस चुनाव याचिका पर यह आदेश स्नाया जिसमें आरोप लगाया गया था कि निर्वाचन अधिकारी ने गलत तरीके से उसके नामांकन पत्र अस्वीकार किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं मुख्यालय के कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में वीडियो वॉल का लोकार्पण किया यह सेन्टर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से संचालित है इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि कारागार सुधार गृह है इन्हे अपराध का गढ़ नहीं बनने दिया जायेगा उन्होंने कहा कि तकनीकी के माध्यम से किसी भी काम को आसान बनाया जा सकता है लेकिन इसके लिये उचित प्रशिक्षण और लागू करने वाली टीम के बीच समन्वय आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागार विभाग ने तकनीकी का उपयोग करके विभाग में तेजी से सुधार किया है उन्होंने जेलों में निरूद्व बंदियों को रचनात्मक कार्यो से जोड़ने के लिये कहा उन्होंने कहा कि कारागारों में मानव संसाधन की समस्या के निराकरण के लिये कार्रवाई की जा रही है कारगारों में मोबाइल फोन के प्रयोग को समाप्त करने के लिये कानून बनाया जा रहा है आकाशवाणी संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी से खास बातचीत में प्रदेश के महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं आनन्द कुमार ने बताया कि यह वीडियो वॉल एण्ड कमांड सेन्टर अपने आप में देश में पहली तरह का है

इसी प्रकार हम यहां से बैठ करके उसकी मानिटरिंग करेंगे जीएसटी से जुड़े विभिन्न पक्षों और व्यापारियों से नये प्रारूप के बारे में प्रतिक्रिया हासिल करने के लिए आज फीडबैक दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य नई जीएसटी विवरणियों के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी हासिल करना है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष प्रणब कुमार दास ने कहा कि इसमें सभी प्रमुख वाणिज्य और उद्योग परिसंघों के प्रतिनिधि जीएसटी करदाता व्यापारी और इस टैक्स से जुड़े अन्य पेशेवर लोग हिस्सा लेंगे पिछली सोलह नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी करदाताओं और जीएसटी से जुड़े पेशेवर लोगों को नई जीएसटी विवरणी पर विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया था उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की बीती रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी दिल का दौरा पड़ने के बाद डाक्टरों ने बचाने की कोशिश की लेकिन ये कामयाब नहीं हए पीड़िता को बृहस्पतिवार की सुबह उन्नाव जिले के बिहार क्षेत्र में जमानत पर जेल से बाहर आए आरोपियों ने मिटटी का तेल छिड़ककर जलाकर मारने का प्रयास किया था पीड़िता को इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसी रात एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था

कार्यक्रम में बाबा साहेब की एक प्रतिमा भी मृख्यमंत्री को मेंट की गई इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन हम सभी के लिये एक प्रेरणा का च्रोत है उन्होंने न केवल विषम परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की बल्कि लोगों को न्याय दिलाने के लिये भी आगे आये उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करके ही सच्ची स्वाधीनता पाई जा सकती है बाबा साहेब ने इसके लिये शिक्षा को ही प्रमुख हथियार माना श्री योगी ने बताया कि बाबा साहेब की स्गृतियों को ताजा करने के लिये विघानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया

बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है यही उन्हें सच्ची श्रद्वांजलि है इस अवसर पर उत्तराखंड की राज्यपाल वेबी रानी मौर्या ने भी बाबा साहेब के अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बाबा साहेब को संविधान शिल्पी बताते हुए कहा कि उन्होंने देश को एक मजबूत संविधान देकर देश की सेवा की है

लखनऊ पीठ के न्यायाधीश एस एन श